प्रदेश में बढ़ते संकमण के कारण सरकार ने भोपाल इंदौर विदिशा सहित पांच शहरों में आज से रात का कफ़र्यू लगाने का फैसला किया है

आरोग्य सेतु इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आरोग्य सेतू ऐप का बैक एण्ड कोड जारी कर दिया है बैक एण्ड कोड किसी भी मोबाइल ऐप का डेटा संग्रहण करने और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है

प्रदेश रोजगार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित कर सभी को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा सभी शासकीय रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां की जाएंगी मुख्यमंत्री कल मंत्रालय में रोजगार के अवसर सृजित करने संबंधी बैठक ले रहे थे श्री चौहान ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के विशेष अवसर हैं इसके लिए बफर में सफर जंगल सफारी धार्मिक पर्यटन ग्रामीण पर्यटन जल पर्यटन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा स्टेट बार चुनाव अधिवक्ता विजय कुमार चौधरी को स्टेट बार काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है

श्री चौधरी भोपाल के हैं

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं छठ पूजा चार दिन का छठ पूजा पर्व आज प्रदेश के विभिन्न भागों में उदित सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सम्पन्न हो गया

इस अनुष्ठान को पारण कहा जाता है इस साल छठ का त्योहार कोविड महामारी की स्थिति के बीच मनाया गया

अनूपपुर और सतना में भी छठ पर्व पर पारम्परिक उत्साह देखने को मिला

इन विकासखण्डों मे जल संवर्धन कार्यो को समय सीमा मे पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं